जिलों में होंगी विभिन्न जागरूकता गतिविधियां

आईपीपीबी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी की शुरूआत की इसके जरिये बचत और चालू खातों मनी ट्रांस्फर बिल भुगतान तथा कारोबारी भूगतान जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी

वहीं भोपाल में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इंडिया पोस्ट पेमेण्ट बैंक की शुरूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस अभिनव पहल के चलते बैंक को घर घर पहुंचाने का काम किया है देश के इतिहास में यह एक कांतिकारी कदम है इन्दौर में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने गुना में केन्द्रीय मंत्री थावरचन्द गेहलोत टीकमगढ़ में केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ विरेन्द्र कुमार और ग्वालियर में उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने भारतीय डाक भूगतान बैंक की शुरूआत की इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्देश्य विश्वस्नीय किफायती और सुगम बैंकिग सेवाएं आम आदमी तक पहुंचाना है ताकि वित्तीय समावेश का उद्देश्य पूरा हो सके इस सेवा के लिए भारतीय डाक विभाग के विस्तृत नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा तीन लाख से ज्यादा डाकिये और ग्राम सेवकों को देशभर में तैनात किया जाएगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में ये निर्देश दिये गये

विभिन्न जिलों में भी इसी दिन जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अभियान का शुभारंभ होगा शहरों में प्रमुख चौराहों पर दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने और अन्य यातायात नियमों के प्रचार प्रसार और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये कार्यक्रम होंगे तरूण सागर जैन मुनि तरुण सागर का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलिन हो गया आज दिल्ली के मुरादनगर और दुहाई के बीच बने आश्रम में उनका अंतिम संस्कार हुआ इक्यावन वर्षीय जैन मुनि तरुण सागर पीलिया के रोग से पीड़ित थे दमोह जिले में उनका जन्म हुआ था बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग उनके अनुयायी रहे हैं तरुण सागर की प्रवचन श्रंखला कड़वे प्रवचन बहुत लोकप्रिय रही हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू ने तरुण सागर महाराज को श्रद्वांजलि अर्पित की वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि मैं दमोह की धरती को नमन करता हूँ जो श्रद्वेय जैन मुनि तरुण सागरजी महाराज जैसे ईश्वर तुल्य विराट व्यक्तित्व की जननी है राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि संलेखना कर अपना देह त्यागने वाले परम पूज्य जैन मुनि तरूण सागर जी महाराज प्रदेश के गौरव थे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तपस्वी मुनिश्री तरुणसागर जी महाराज के देवलोक गमन पर उन्हें विनग्र श्रद्वांजलि दी कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी मुनिश्री को याद करते हुए कहा कि देश ने एक उच्च कोटि के राष्ट्र संत खो दिया

बड़वानी जिले के सुनगांव की सुधा बघेल आत्मनिर्भर होकर अब समाज के लिए मिसाल बन गई है सुधा सिनेटरी नेपकीन बनाती है

महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा है कि पोषण जागरूकता को जन आंदोलन बनाना समय की आवश्यकता है आज से शुरू हुए राष्ट्रीय पोषण माह को थिंक ग्लोबल ईट लोकल की अवधारणा के अनुसार मनाया जायेगा इसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सहज सुलभ और सस्ती पोषक खाद्य सामग्री रोजमर्रा के भोजन में शामिल करने के लिये जन सामान्य को प्रेरित किया जायेगा वहीं शहडोल में भी आज से पोषण कार्यक्रम की शुरूआत हो गई है इसके तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है वहीं रायसेन जिले में पोषण माह के शुभारम्भ अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम और सामुदायिक कॉलेज कार्यक्रम चलाने वाले संस्थानों से इन कार्यक्रमों के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के विस्तार के लिए प्रस्ता्व आमंत्रित किए हैं यूजीसी के एक अधिकारी ने कहा है कि कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के विस्तार के लिए यूजीसी से मंजूरी के बिना ये संस्थान ऐसे पाठ्यक्रमों को चलाने के उद्देश्य से अनुदान का दावा करने के हकदार नहीं होंगे आयोग ने इस महीने की छह तारीख तक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं

विद्यालय शौचालय प्रदेश में स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत प्रदेश में सरकारी प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिये अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था की गई है

इस उपलब्धि के लिये केन्द्र सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यवाही की सराहना की है मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का दौर जारी है

वहीं जबलपुर भोपाल होशंगाबाद शहडोल रीवा सागर ग्वालियर और चम्बल में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की सम्भावना जताई है